ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की शिमला में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया

मंत्रिमंडल ने राज्य में प्रशिक्षण कक्षााओं को पचास प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया अलग से जारी की जाएगी

इससे आयोग को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावी तरीके से चलाने में मदद मिलेगी इस मौके पर पशुपालन विभाग ने कांगड़ा जिला के पौंग डेम क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों में फैले एवियन इन्फ्लुएजां के बारे में प्रस्तुति दी मंत्रिमंडल ने देश में कोरोना वैक्सीन को अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया राज्यपाल राज्यपाल बंड़ारू दत्तात्रेय ने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए सतलुत जल विद्युत निगम के प्रयासों की सराहना की है राज्यपाल आज राजभवन शिमला में एसजेवीएन के अध्यक्ष नंद लाल शर्मा की ओर से राज्य रेड़क्रॉस सोसाईटी को एम्बूलेंस भेंट करने के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे अन्य संस्थाओं को भी प्रेरणा मिलेगी और वे समाज के गरीब व वंचित वर्गों के लोगों की निस्वार्थभाव से सेवा के लिए कार्यरत राज्य रेडक्रॉस को उदारतापूर्वक अंशदान के लिए प्रेरित होगें राज्यपाल ने कहा कि ये एक पुनित कार्य है इसके माध्यम से आपात परिस्थितियों में मरीजों को सुविधा प्रदान करने और रेडक्रॉस की गतिविधियों को सुदृढ करने में मदद मिलेगी हिमाचल प्रदेश रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद थी रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने देश में बनाई गई कोरोना वैक्सीन पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों द्वारा सवाल उठाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है रामस्वरूप शर्मा ने आज मंडी में एक बयान में कहा कि स्वदेशी वैक्सीन जल्द ही लोगो के पास पहुंचने जा रही है और विपक्षी दलों को ये बात रास नहीं आ रही है उन्होंने कहा कि विपक्ष की इस हरकत को पूरा देश देख रहा है और इन दलों का देश को कमजोर करने की साजिश कभी पूरी नहीं होगी रामस्वरूप शर्मा ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया उन्होनें विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता घोषित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी

एक सरकारी प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि यह अवकाश दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए देय होगा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है बुर्ड फ्लू बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए हमीरपुर की उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने पशुपालन और वन विभाग तथा पोल्ट्री से जुड़े लोगों को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए है उन्होंने अधिकारियों को बर्ड फ्लू से निपटने के लिए सरकार की ओर से जारी किए गए एक्शन प्लान के अनुसार कार्य करने के निर्देश भी दिए उपायुक्त ने कहा कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पशु चिकित्सकों और विभाग के अन्य कर्मचारियों के पास सभी आवश्यक उपकरण और सुरक्षा किट होनी चाहिए

पंकज राय आज केलांग में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने आगामी गर्मीयों में पर्यटकों की अधिक आमद की संभावना के मद्देनजर क्षेत्र में स्वच्छता जागरूकता वाहन चलाने के भी निर्देश दिए

राजीव शुक्ला आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामले चुनाव रणनीति और समन्वय समीति की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने पार्टी नेताओं से आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश में बेहतर काम कर रही है पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभ्रद सिंह ने इस मौके पर अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी पर अब युवाओं को आगे आने की जरूरत है विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस मजबूती के साथ भाजपा के जनविरोधी निर्णयों का विरोध कर रही है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने इस मौके पर संगठनात्मक गतिविधियों का विरोधी है इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज पंचायत और निकाय चुनावों में आदर्श चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर राज्य चुनाव आयोग को एक शिकायत भी सौंपी मौसम प्रदेश के जनजातीय और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज चौथे दिन भी बर्फवारी का सिलसिला जारी रहा जब कि राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज सुबह से ही रूक रूक कर वर्षा का दौर जारी है मौसम में आए इस ताजा बदलाव से पूरा प्रदेश कड़ाके की शीतलहर की चपेट में है

बर्फवारी के चलते घाटी की अधिकांश सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है किन्नौर जिला में भी ऊपरी क्षेत्रों में बीती रात से भारी हिमपात हो रहा है

कुफरी चायल और नारकंडा में आज दोपहर बाद हल्का हिमपात हुआ राजधानी शिमला सहित राज्य के निचले जिलों में सुबह से ही वर्षा का क्रम जारी है मौसम विभाग ने आज राज्य के माध्यम व अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी बर्फवारी व वर्षा तथा मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी जारी की है

बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के नवनियुक्त मुख्य महाप्रबंधन जसविंद्र सिंह सहोता ने कार्यभार संभाल लिया है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बीएस एनएल के नेटवर्क को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगां उन्होंने कहा कि निगम द्वारा प्रदेश में भारतीय फाईबर को बिछाने का कार्य किया जा रहा है जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर नेटवर्क ब्राडबैंड और वाईस कॉलिंग सुविधा का लाभ मिलेगा